मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने अवैध खनन पर रोक लगाने की प्रतिबद्धता दोहराई प्लास्टिक का उपयोग रोकने को लेकर जागरूकता पर दिया बल राज्य सरकार ने निजी अस्पताल की लापरवाही से विवाहिता की मौत मामले में जांच के दिए आदेश प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल नई दिल्ली से फिट इंडिया मूवमेंट का करेंगे शुभारम्भ

मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने आज विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायक इंद्र सिंह के सवाल के जवाब में ये जानकारी दी उन्होंने कहा कि इस संबंध में प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है और आने वाले समय में इस पर फैसला लिया जाएगा मुख्यमंत्री ने कहा कि जलवाहकों के पद कर्मचारी के नियमित होने पर समाप्त हो जाते हैं और ये डाईग कैडर है

जयराम ठाक्र ने कहा कि अब स्कूलों की साफ सफाई व अन्य कामों को निपटाने के लिए मल्टीटास्क वर्करों की जरूरत महसूस की जा रही है

इन पदों को भरने की अनुमति प्रदान कर दी गई है

इस दौरान विधायक जगत सिंह नेगी व सुखविंद्र सिह ने भी अनुपूरक सवाल किए सिंचाई व जन स्वास्थ्य मंत्री महेंद्र सिंह ठाक्र ने विधायक इंद्र सिंह के सवाल के जवाब में बताया कि प्रदेश में सैनिक अकादमी बनने जा रही है इसमें भूतपूर्व सैनिकों के लिए कम से कम एक माह के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी

उन्होंने आश्वासन दिया कि रिक्त पदों को सयम पर भरने का प्रयास किया जाएगा उन्होंने कहा कि जिन पदों के लिए योग्य भूतपूर्व सैनिक नहीं मिलते हैं वहां पर उनके आश्रितों को नौकरी दी जाएगी

उन्होंने कहा कि भूतपूर्व सैनिकों के साथ किसी प्रकार का अन्याय नहीं होने दिया जाएगा इस सवाल पर विधायक राकेश पठानिया और नंदलाल ने भी अनुपूरक सवाल पूछे विधायक विनय कुमार के सवाल के जवाब में वन मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा कि वन विश्राम गृह हरिपुरधार तथा निरीक्षण कुटीर नैनीधार में जल्द ही बिजली व पानी की व्यवस्था की जाएगी

मुख्यमंत्री ने माना कि पंजाब और हरियाणा के साथ लगते राज्य के विभिन्न इलाकों में अभी भी अवैध खनन हो रहा है और इससे निपटने के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं जिनके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं उन्होंने ने स्पष्ट किया कि पुलों के आस पास अवैध खनन करने वालों को सरकार किसी भी सूरत में नहीं बख्शेगी और ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी जयराम ठाकुर ने प्लास्टिक का उपयोग रोकने के लिए जागरूकता को एकमात्र हल बताया उन्होंने कहा कि हिमाचल में पर्यावरण की स्थिति बाकी राज्यों की तुलना में ठीक है लेकिन हमें तुलना करके ही संतोष नहीं करना होगा बल्कि इसे और बेहतर बनाने पर काम करना होगा उन्होंने प्रदेश के जंगलों को बचाने के लिए समाज खासकर महिलाओं की भूमिका की सराहना की मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उनकी सरकार में अवैध वन कटान पर काफी हद तक रोक लगी है और पिछले डेढ़ वर्ष में अवैध कटान की कोई बड़ी घटना नहीं हुई

प्वाइंट ऑफ आर्डर राज्य सरकार ने रोहडू उपमंडल की विवाहिता की मौत मामले में जांच के आदेश दिए हैं

विधानसभा में आज विधायक मोहन लाल ब्राक्टा द्वारा प्वाइंट ऑफ आर्डर के तहत उठाए गए मामले पर बोलते हए मुख्यमंत्री ने कहा कि जांच रिपोर्ट आने के बाद निजी अस्पताल की लापरवाही उजागर होने पर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की तरफ से प्रभावित परिवार को उचित मुआवजा प्रदान किया जाएगा

उन्होंने कहा कि मृतक महिला रोहडू उपमंडल के डोडरा क्वार की रहने वाली थी विधेयक प्रदेश विधानसभा में आज दो बिल ध्वनिमत से पारित कर दिए गए

दोनों ही विधेयक शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने पिछले कल सदन में पेश किए थे जिन पर आज चर्चा हई

शिक्षा मंत्री ने विपक्ष की दलीलों पर कहा कि इन कानूनों की उपयोगिता समाप्त होने पर इन्हें खत्म किया जा रहा है और इन कानूनों के स्थान पर केंद्र सरकार के नए कानून आ गए हैं बाद में विपक्ष के विरोध के बीच सदन ने इस विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया इस बीच हिमाचल प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि संशोधन विधेयक भी सदन में पारित हुआ इन दोनों विधेयकों पर हुई चर्चा में विपक्ष के नता मुकेश अग्निहोत्री माकपा के राकेश सिंघा कांग्रेस के सुखविंदर सिंह सुक्खू और आशा कुमारी ने हिस्सा लिया फिट इंडिया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल नई दिल्ली से फिट इंडिया मूवमेंट का शुभारम्भ करेंगे इस दौरान वे लोगों को शारीरिक रूप से फिट रहने की शपथ भी दिलाएंगे

उच्च शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक प्रमोद चौहान ने प्रदेश के सभी स्कूलों और कॉलेजों में इस कार्यक्रम के प्रसारण के लिए सभी प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं श्रद्वाजंलि प्रदेश भाजपा द्वारा पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री स्व अरूण जेटली को श्रद्वाजंलि के लिए आज शिमला के गेयटी थियेटर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के अलावा पार्टी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे मुख्यमंत्री ने अरूण जेटली के योगदान और कार्यशैली को याद करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्वांजलि अर्पित की उन्होंने कहा कि उनके निधन से पार्टी को ही नहीं देश को भी क्षति हुई है इस कार्यक्रम में शिक्षामंत्री सुरेश भारद्वाज और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर सहित विभिन्न सभाओं व राजनीतिक दलों के सदस्यों ने पूर्व केन्द्रीय मंत्री अरूण जेटली को श्रद्वांजलि अर्पित की

इससे पूर्व राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की कार्यकारी समिति की बैठक भी हुई बैठक में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष राजीव बिंदल भी शामिल हुए उन्होंने कहा कि ई विधान ई निर्वाचन क्षेत्र प्रबंधन और ई समिति में हिमाचल विधानसभा सबसे आगे है और हम पूरे देश को इससे अवगत करवाना चाहते हैं

हमीरपुर जिला के टौणी देवी में कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण द्वारा आयोजित कृषि गोष्ठी में किसानों व जन प्रतिनिधियों को सम्बोधित करते हुए ये बात कही धूमल ने कहा कि आत्मा परियोजना से जुड़े अधिकारियों को प्राकृतिक खेती से उत्पादन बढ़ाने के उपायों के बारे में किसानों को जागरूक करना चाहिए